कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है श्रोताओं से अपील हैं कि कोई कोताही नहीं बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें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

मास्क पहनें

प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे

केन्दीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीनों की उपलब्धता सुरक्षित करने और बढ़ाने के लिए लगातार और अत्यधिक सक्रियता से कार्य कर रही है मंत्रालय ने कहा है कि कोवैक्सीन के लिए लाइसेंस देने में देरी और देश में कोवैक्सीन के निर्माण के लिए तकनीक के हस्तांतरण की स्वीकृति में देरी के आरोप संबंधी मीडिया की खबरें निराधार और तथ्यहीन हैं मंत्रालय ने कहा कि नई उदार मुल्यन और त्वरित राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण रणनीति का उद्देश्य वैक्सीन की मूल्य व्यवस्था को उदार बनाना तथा टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि रूस की स्पृत्निक वी वैक्सीन अगले सप्ताह की शुरूआत में उपयोग के लिये उपलब्ध हो जायेगी

रूस की गामेलिया नेशनल सेंटर ने स्पुत्निक वी वैक्सीन विकसित किया है भारत में उपयोग की मंजूरी दी जाने वाली यह तीसरी कोविड वैक्सीन होगी नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने देश में कोविड स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की डॉ पॉल ने यह भी बताया कि स्पुत्निक वी का स्थानीय उत्पादन जुलाई में शुरू होगा और हैदराबाद स्थित डॉ रेड्डी प्रयोगशालाएं भारत में यह वैक्सीान बनायेगी

मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर एन के अरोडा की अध्यक्षता में कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढाने की सिफारिश की थी इस समय कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच छह से आठ सप्ताह का अंतर रखा जाता है

कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच अंतराल में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है

ये परीक्षण पांच सौ पच्चीस स्वस्थ स्वयं सेवकों पर किए जाएंगे परीक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को दोनों टीके लगाए जाएंगे

इसे लेकर सभी जिलों को वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है

ये सभी वैक्सीन राज्यवासियों को निःशुल्क दिये जायेंगे

रांची बोकारो सहित कुछ अन्य शहरी क्षेत्रों में लोगों में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता का अभाव है

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में चार हजार नौ सौ एकानबे नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि उससे अधिक छह हजार आठ सौ बेरासी मरीज संक्रमण मुक्त हुए एक सौ आठ मरीजों की मौत हुई है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अड़तालीस हजार चार सौ अड़सठ हो गई है प्रदेश का रिकवरी रेट बेरासी दशमलव सात सात प्रतिशत है

सक्रिय मामलों की संख्या घटकर आठ सौ एकासी हो गई है

जिले में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़कर एक सौ चौतीस हो गई है

ग्यारह अन्य टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां इस आयु वर्ग के युवा टीका ले सकते हैं दुमका जिले में आज से विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन ने भी अन्य जिलों की तरह चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जारी किया है जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा निगरानी की जाने वाली चाइल्ड केयर हेल्पलाइन में ऐसे मामलों को देखने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित टीम गठित की गई है इस आपदा के कारण अनाथ हुए बच्चों की सूचना प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकती है प्रशासन की टीम प्रभावित बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगी बच्चों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र करने और आवश्यकता का आंकलन करने के बाद जिला बाल कल्याण समिति अंतिम निर्णय लेगी यदि अनाथ हुए बच्चों के परिवार में कोई सदस्य उनकी देखभाल करने के लिए सहमत है तो उन्हें देखभाल करने के बदले मासिक प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी ऐसे मामलों में बाल कल्याण समिति के सदस्य संबंधित घर का दौरा कर सर्वेक्षण करेंगे कि बच्चा उनके साथ सुरक्षित होगा या नहीं यदि बच्चों के लिए कोई केयरटेकर उपलब्ध नहीं है तो ऐसे मामलों में बच्चों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे चिल्ड्रन केयर होम ले जाया जाएगा जहाँ उनकी हर तरह से देखभाल सुनिश्चित की जाएगी इसके अलावा यह हेल्पलाइन उन बच्चों को भी अस्थायी सहायता देगी जिनके माता पिता अस्पताल में इलाजरत हैं

प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि वे ऐसे बच्चों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में जारी न करें और सीधे हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें पलामू जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है

गोड्डा जिले के उपविकास आयुक्त अंजली यादव ने सुदूर जनजातीय बहुल सुंदरपहाड़ी सीएचसी का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने सीएचसी में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली साथ ही स्वास्थ केंद्रों में जो कमियां पाई गई उन्हें यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए उपविकास आयुक्त ने वैक्सीनेशन और सैंपलिग कार्यो का भी जायजा लिया उन्होंने कहा कि इस जनजातीय प्रखंड में दस बेड वाला एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जल्द खोला जाएगा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण और सैंपलिग कार्य को सुचारू रूप से करने का निर्देश दिए सुंदर पहाड़ी प्रखंड में कोविड जांच के दौरान एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है

ईद उल फित्र आज पूरे देश में सादगी से मनायी जा रही है कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईदगाहों और मस्जिदों में कोई सामूहिक आयोजन नहीं होगा दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद सहित अनेक मुस्लिम विद्वानों और संगठनों ने लोगों से ईद की नमाज कोविड नियमों का पालन करते हुए घर पर ही अदा करने की अपील की है उन्होंने ईद पर गले मिलकर बधाई देने की परम्परा से बचने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने का एहतियात बरतने को कहा है राज्य में भी ईद उल फितर का त्यौहार कोविड गाइडलाइन के तहत सादगी से मनाया जा रहा है ईदगाह के बजाय लोग ईद की नमाज घरों में अदा कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने टीकाकरण अभियान की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है कोरोना से जंग झारखंड में अठारह प्लस को मुफ्त टीका आज से हिन्दी दैनिक हिंदुस्तान ने इससे जुड़ी खबर को पहली सुर्खी बनायी है